सीकर का फतेहपुर माइनस तीन दशमलव चार डिग्री सेल्सियस के साथ रहा सबसे सर्द स्थान

राज्य की दिनभर की यात्रा के दौरान श्री मोदी कल्याण में एक जनसभा में दो महत्वपूर्ण मेट्रो मार्गो की आधारशिला रखेंगे इसके बाद प्रधानमंत्री सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे और फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम लागत वाली लगभग एक लाख किफायती घर बनाने की परियोजना का अनावरण करेंगे इससे पहले आज उन्होंने मुंबई में रिपब्लिक टीवी समिट को संबोधित करते हए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने समस्याओं के स्थाई समाधान के लिए काम किया है

प्रधानमंत्री ने आज मुम्बई में राजभवन में प्रसिद्ध कार्ट्रनिस्ट आरके लक्ष्मण पर आधारित प्रस्तक टाइमलेस लक्ष्मण का विमोचन भी किया

कल रात मंत्रिमण्डल की पहली बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सहकारी और ग्रामीण विकास बैंकों से लिए गए लघ् अवधि के सभी कृषि ऋण माफ करने का फैसला लिया गया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने विधानसभा चुनाव जीतकर आने वाले कद्दावर नेताओं को शामिल करने की चुनौती हैं इसके अलावा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी कई समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल गठन की संभावना है मंत्रिमंडल विस्तार के समय के बारे में अभी अधिकृत घोषणा नहीं की गई है मुख्यमंत्री ने बताया है कि पार्टी आलाकमान से बातचीत कर मंत्रिमंडल का गठन होगा

यह उपग्रह भारतीय क्षेत्र के ऊपर केयू बैंड के उपभोक्ताओं को बेहतर संचार क्षमता उपलब्ध करायेगा

साथ ही रूसी वायुसैनिकों से मुलाकात भी करेंगे

मनीलॉड्रिंग रोकथाम अधिनियम अदालत के विशेष न्यायाधीश एम एस आज़मी ने बताया कि अदालत उसी दिन माल्या की संपत्ति जब्त करने के बारे में भी फैसला देगी प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या पर बैंकों के नौ हजार करोड़ रुपये के ऋण की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है माल्या इस समय ब्रिटेन में है

ऊर्जा विभाग ने ऊर्जा संरक्षण में किए गए उल्लेखनीय और उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया है अजमेर स्टेशन पर ऊर्जा खपत को कम करने के लिए विभिन्न संरक्षण उपायों को अपनाया गया जिनमें पारंपरिक फिटिंग को पूरी तरह से ऊर्जा कृशल एलईडी लाईट और एलईडी बल्ब में बदल दिया गया मंडल रेल प्रबंधक राजेश क्मार कश्यप ने पुरस्कार का श्रेय मंडल के विद्युत विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के श्रेष्ठ प्रयासों को दिया

गौरतलब है कि पिछले काफी समय से आरएएस मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे

सीकर जिले का फतेहपुर आज भी राज्य का सबसे सर्द स्थान रहा जहां पारा जमाव बिंदू से नीचे तीन दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

उदयपुर में चार दशमलव पांच अजमेर में छह दशमलव नौ कोटा में सात दशमलव दो और जयपुर में सात दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया जयपुर में ये इस मौसम का सबसे कम तापमान बतायाजा रहा है मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार है

ऑस्ट्रेलिया ने चार मैचों की सीरिज में एक एक से बराबरी कर ली है सीरिज का पहला टैस्ट मैच भारत ने जीता था